मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मोपाल में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि सरकार पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है वहीं इस प्रणाली को लेकर पुलिस सेवा में उच्च पद पर रह चुके कई अधिकारियों ने जहां इसका स्वागत किया है वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारियों ने इस पर अभी और अध्ययन किये जाने की जरूरत बताई है वीडियो कान्फें सिंग प्रदेश में वनाधिकार पट्टों के लंबित मामलों को उच्चस्तरीय समिति द्वारा परीक्षण करवा कर अगस्त माह तक निराकृत करने के निर्देश दिये गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को वीडियोँ कांफ्रेस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रभावी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शुभचिंतक के रूप में करें मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस में महिला अपराधों पर नियंत्रण असंगठित श्रमिक कल्याण योजना और समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदी से संबंधित विषयों पर अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये

बोर्ड से कल जारी आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा व्यापक विचार विमर्श के बाद बढ़ाई जा रही है

न्यायालय ने कहा था कि जब तक पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं देती बायोमीट्रिक योजना लागू करने की समयसीमा बढ़ाई जाए सरकार ने चौथी बार समय सीमा बढ़ाई है वित्त सुझाव राज्य वित्त आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायत निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जन सामान्य से आगामी तीस अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार भूमि पर देय करों स्टाम्प शुल्क के अलावा राजस्व के अन्य करों में स्थानीय नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के बीच बंटवारा माल और सेवा कर के राजस्व बंटवारे के संबंध में शासन को सुझाव देगा इससे आयोग को नीति तैयार करने में मदद मिलेगी मेमू ट्रेन रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के देखते हुये आगामी एक अप्रैल से भोपाल से बीना के बीच एक अतिरिक्त मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है रेलवे की आज जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भोपाल से बीना और बीना से भोपाल स्टेशनों के मध्य यह ट्रेन चलेगी

आयकर कार्यालय देशभर में आयकर विभाग के सभी कार्यालय अवकाश के बावजूद भी कल से लेकर शनिवार तक खूले रहेंगे आयकर रिटर्न भरने और सम्बद्ध कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि करदाताओं को रिटर्न भरने में हरसंभव सहायता दी जाएगी कार्यशाला मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आज बाल अधिकारों पर राज्य स्तरीय समीक्षा सह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है

सभी जिलों के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य विशेष न्याय बोर्ड के प्रभारी अधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रतिनिधि तथा बाल कल्याण अधिकारी कार्यशाला में भाग ले रहे हैं